सांसद सुरेश कश्यप ने कहा हिमाचल में अन्य राज्यों की अपेक्षा सीमेंट महंगा केन्द्र में प्रमुखता से उठाएंगे मुद्दा शिमला में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की ध्रम हिमाचली कलाकारों के नाम रहेगी आज की सांस्कृतिक संध्या

प्रकाश जावड़ेकर सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती की स्वायत्तता बहत महत्वपूर्ण है और इसे बनाये रखना चाहिए

प्रसार भारती अध्यक्ष ए सुर्यप्रकाश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति भी समारोह में मौजूद थे रामस्वरूप मंडी से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि वे लोगों की आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे मंडी में आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भारी जनसमर्थन के लिए मतदाताओं का आभार जताया उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र का विकास करना उनका एक मात्र लक्ष्य है और इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी रामस्वरूप शर्मा ने इस मौके लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका मौके पर ही निपटरा किया सुरेश कश्यप शिमला से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि सोलन जिले की दाड़लाघाट में बनने वाला सीमेंट अन्य राज्यों की अपेक्षा स्थानीय लोगों को महंगा मिल रहा है और वे इस मुददे को प्रमुखता से केन्द्र में उठाएंगे अर्की में आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीमेंट दामों का मामला राज्य सरकार के ध्यान में है और जल्द ही इस पर उचित निर्णय ले लिया जाएगा सुरेश कश्यप ने कहा कि सिरमौर जिले में गिरीपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए भी वे प्रमुखता से काम करेंगे

इन खेलों के लिए चयनित भारतीय मास्टर्ज महिला हॉकी टीम के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हर्ष का विषय है कि देश की वरिष्ठ महिलाएं खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आगे आ रही हैं और टीम में चयनित अधिकतर खिलाड़ी हिमाचल से संबंध रखते हैं मुख्यमंत्री ने हॉकी टीम को सरकार की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते जनमंच कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए थे

सुक्ख प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फोरलेन निर्माण के संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है

सुक्खू ने कहा कि शिमला मटोर और जोगिन्दरनगर पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्गों को फोरलेन बनाना जरूरी है पंडोह बांध बढ़ती गर्मी से पहाड़ों पर बर्फ पिघलने का सिलसिला तेज हो गया है जिसके चलते ब्यास नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है मंडी के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रवण मांटा ने बताया कि बढ़ते जलस्तर के कारण पंडोह बांध के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं उन्होंने ब्यास नदी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों व पर्यटकों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है डीसी चंबा चंबा के नवनियुक्त उपायुक्त विवेक भाटिया ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया उन्होंने कहा कि लोगों को पारदर्शी प्रशासन देना और विकास की गति को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी उपायुक्त ने कहा कि लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा और जिले में पर्यटन विकास की दिशा में कदम उठाए जाएंगे उधर लाहौल स्पीति के नवनियुक्त उपायुक्त के के सरोच ने भी आज केलंग में अपना पदभार संभाला उन्होंने जिले में पर्यटन विकास को अपनी प्राथमिकता बताया ग्रीष्मोत्सव शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की ध्रम है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ग्रीष्मोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में आज मुख्यातिथि हैं उन्होंने ग्रीष्मोत्सव के तहत होटल एसोसिएशन द्वारा आयोजित शिमला धरोहर सैर का शुभारंभ किया उन्होंने पर्यटकों व अन्य लोगों को एडवांस स्टडीज राज्य संग्रहालय व अन्य स्थानों की धरोहर सैर के लिए रवाना किया आज की सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकारों के नाम रहेगी जो लोगों का खूब मनोरंजन करेंगे पहली सांस्कृतिक संध्या में इंडियन आईडल के लोकप्रिय गायकों कृतिका तवर व अनुज शर्मा और पार्श्व गायिका ममता जोशी ने अपनी आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध किया राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया बीएसएनएल बीएसएनएल ने पैंशन धारकों की समस्याओं के निपटारे के लिए आज शिमला में पैंशन अदालत का आयोजन किया संचार सेवा नियंत्रक निर्दोष क्मार यादव ने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में पैंशनरों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया

इस उपलक्ष्य में प्रदेश के अनेक स्थानों पर स्कूली बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर रैलियां निकाली इस दौरान बच्चों ने बैनर व प्लेकार्ड के माध्यम से पर्यावरण बचाओ के नारे लगाए शिमला जिले के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पीरन में भी बच्चों ने रैली के माध्यम से ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया कल्लू में पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा गोविंद ठाक्र युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेने का आहवान किया है

प्रतियोगिता के सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले सोलन में खेले गए

संगठन की शिमला इकाई के अध्यक्ष मनीष ठाक्र ने कहा कि इन तिथियों को यूजीसी की नेट परीक्षा भी होगी जिसके चलते विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में हैं ऐसे में एलाइड की परीक्षा की तिथि स्थगित की जानी चाहिए मांग लाहौल स्पीति जिला किसान खेत मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनम बोध ने सरकार से जिले के स्कूलों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पद जल्द भरने की मांग की उन्होंने कहा कि नियमित अध्यापकों की नियुक्ति तक एसएमसी के तहत अध्यापकों की तैनाती की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो